कुल्लू जिला के मणिकर्ण कसोल व जरी क्षेत्र में दो महीने तक हथियार लेकर चलने पर पूर्ण प्रतिबंध किन्नौर में निर्माणाधीन शौंगठौंग कड़छम जलविद्युत परियोजना के काम में शीघ आएगी तेजी शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज का विद्यार्थियों से लक्ष्य निर्धारित कर आगे बढ़ने का आहवान मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी के लिए पूर्व सरकार को जिम्मेवार ठहराया है

मुख्यमंत्री ने निजी स्कूलों के वाहनों के हो रहे हादसों पर दुख जताया और कहा कि परिवहन सहित सभी विभागों को स्कूली बच्चों को स्कूल लाने ले जाने में लगे वाहनों की कड़ाई से जांच करने को कहा गया है इस बीच उत्तर भारत का प्रसिद्ध व राज्यस्तरीय शूलिनी मेला आज सोलन में पारम्परिक हर्षोल्लास के साथ शुरू हो गया मेले का शुभारम्म मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा माता शूलिनी की विधिवत पूजा अर्चना और शोभायात्रा के साथ हुआ मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर जनसभा को सम्बोधित करते हुए कहा कि मेले व त्यौहार हमारी पौराणिक परम्पराओं के प्रतीक हैं जो समृद्ध संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने का काम करते हैं कंवर उघर ऊना में भी जिला स्तरीय पिपलू मेला पारम्परिक पूजा अर्चना और झंडा रस्म के साथ शुरू हुआ मेले का शुभारम्भ ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने किया उन्होंने इस अवसर पर कहा कि ये मेला कांगड़ा हमीरपुर व उना जिलों के सांस्कृतिक मिलन का भी प्रतीक है वीरेन्द्र कंवर ने इस मौके पर विभिन्न विभागों द्वारा लगाई गई विकासात्मक प्रदर्शनी और वॉलीबाल व कबड्डी प्रतियोगिता का भी शुभारम्म किया

किशन कपूर खाद्य व नागरिक आपूर्ति मंत्री किशन कपूर ने हिंदी के कामकाज में अंग्रेजी शब्दों के बढ़ते प्रयोग की प्रवृति से बचने का आहवान किया है उन्होंने कहा कि हिन्दी भाषा का अपना अपार शब्द मंडार है जिसमें स्पष्ट अभिव्यक्ति के लिए शब्दों की कमी नही हैं ऐसे में अंग्रेजी भाषा के शब्द डालने के अनावश्यक प्रयास से बचा जाना चाहिए किशन कपूर हिंदी अध्यापकों व प्रधानाचार्यों के लिए कोन्द्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला में आयोजित सात दिवसीय हिंदी प्रशिक्षण कार्यशाला के शुभारम्भ अवसर पर बोल रहे थे इस कार्यशाला का आयोजन केन्द्रीय विश्वविद्यालय और महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्घा द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है किशन कपूर ने कहा कि प्रदेश सरकार सरकारी कामकाज में सरल और सहज हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा दे रही है मारकंडा कृषि व जनजातीय विकास मंत्री रामलाल मारकंडा ने स्पिति घाटी में मशरूम की खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रभावी कदम उठाने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं मारकंडा ने आज चिचिम गांव में एक कार्यक्रम में कहा कि घाटी के किसानों को मशरूम की खेती के लिए सोलन के चम्बाघाट स्थित खुम्ब अनुसंधान केन्द्र में विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा उन्होंने ये भी कहा कि स्पिति घाटी की जलवायु मशरूम की खेती के लिए अत्यधिक उपयुक्त है प्रतिबंध कुल्लू जिला प्रशासन ने मणिकर्ण कसोल और जरी क्षेत्र में अगले दो महीने तक हथियार लेकर चलने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है

उपायुक्त यूनुस ने बताया कि ये कदम इसलिए उठाया गया कि सीलिंग का काम कर रहे कर्मचारियों व अधिकारियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके और कार्य भी शांतिपूर्ण ढंग से पूरा हा सके उन्होंने कहा कि इन आदेशों की पालना न करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी रामस्वरूप सांसद रामस्वरूप शर्मा ने कहा है कि अपनी संस्कृति से विमुख होती जा रही युवा पीढ़ी को फिर से इस ओर मोड़ने के लिए सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं अहम भूमिका निभा सकती हैं सूत्रघार कला संगम कुल्लू द्वारा आयोजित जिला स्तरीय सांस्कृतिक प्रतियोगिता के समापन अवसर पर आज उन्होंने ये बात कही उन्होंने चार दिनों तक चली इस प्रतियोगिता की विजेता टीमों को पुरस्कार भी प्रदान किए संस्था के अध्यक्ष दिनेश सेन ने कहा कि इस प्रतियोगिता का उद्देश्य युवा शक्ति को सृजनात्मक कार्यो में लगाना है

एक ट्वीट में श्री मोदी ने लोगों से अनुरोध किया है कि वे नरेन्द्र मोदी ऐप और माई जी ओ वी ओपन फोरम पर अपने विचार और सुझाव दे सकते हैं

अनिल शर्मा ने अपने किन्नौर दौरे के दौरान आज रिकांगपिओ में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि पूर्व सरकार के कार्यकाल में परियोजना प्रबंधन और मजदूरों के बीच हुए विवाद की भी जांच की जाएगी इसके बाद ही काम से निकाले गए मजदूरों को वापिस लेने पर निर्णय लिया जाएगा उन्होंने ये भी कहा कि काशंग जलविद्युत परियोजना प्रभावितों से भी शीघ्र बातचीत की जाएगी ताकि उनकी समस्याओं का हल निकाला जा सके इस दौरान शौंगठौंग कड़छम जलविद्युत परियोजना के मजदूरों के एक प्रतिनिधिमण्डल ने भी उर्जा मंत्री से भेंट की बैठक बिलासपुर सदर के विधायक सुभाष ठाकुर ने शहर में डेंगू के खतरे से निपटने के लिए आज बिलासपुर में चिकित्सा विभाग के अधिकारियों की एक बैठक ली उन्होंने अधिकारियों को डेंगू से निपटने के लिए सचेत रहने के निर्देश दिए ताकि किसी भी लापरवाही या जानकारी के अभाव में ये बीमारी पैर न पसार सके उन्होंने जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण कर विभाग के अधिकारियों को बरसात के मौसम में जलजनित रोगों से बचाव के लिए प्रभावी कदम उठाने को भी कहा

जिला पुलिस अधीक्षक ओमापति जम्वाल ने बताया कि ये प्रतियोगिता सिनियर और जूनियर दो वर्गो में आयोजित की गई सुरेश भारद्वाज शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने विद्यार्थियों से लक्ष्य निर्धारित कर आगे बढ़ने का आहवान किया है रामपुर क्षेत्र की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला मझेवटी में आयोजित चार दिवसीय छात्रा खेलकूद प्रतियोगिता के समापन अवसर पर उन्होंने कहा कि शिक्षा प्राप्त करने का उद्देश्य महज पढ़ाई करना ही नहीं बल्कि विद्यार्थियों का सर्वागीण विकास सुनिश्चित करना भी है उन्होंने सरकारी स्कूलों में छात्रों की भर्ती पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रभावी कदम उठा रही है सुरेश भारद्वाज ने प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कार भी प्रदान किए

उन्होंने इस फैसले के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का आभार जताया है दवाईयां पंडित जवाहर लाल नेहरू मेडिकल कॉलेज चम्बा में मरीजों को डिफेंस के लिए भेजी गई दवाईयों की आपूर्ति करने का मामला सामने आया है नियमों के मुताबिक डिफेंस के लिए सप्लाई होने वाली किसी भी दवाई की आपूर्ति सामान्य अस्पतालों में नही की जा सकती मैडिकल कॉलेज व अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर विनोद शर्मा ने कहा कि ये लापरवाही सामने आने के बाद अस्पताल प्रशासन ने संबंधित कम्पनी से जवाब मांगा है उन्होंने कहा कि कम्पनी का जवाब आने के बाद आगामी कार्रवाई की जाएगी

इसी अवधि में भारत व जिम्बावे के बीच उना में अंतर्राष्ट्रीय पुरूष व महिला डयू बाल सीरिज का भी आयोजन किया जाएगा निघन प्रदेश के जाने माने लेखक गायक और आकाशवाणी शिमला के वरिष्ठ कलाकार प्रेम प्रकाश निहाल्टा का आज निधन हो गया

शिमला जिला के चौपाल के रहने वाले निहाल्टा ने राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश की लोक संस्कृति को बढ़ावा देने में विशेष योगदान दिया है